जबलपुर में आरओबी और छिन्दवाड़ा में फ्लॉय ओवर और आरओबी बनाये जायेंगे लोक अदालत राजधानी भोपाल समेत प्रदेश में आज वृहद उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है इसमें राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता फोरमों में विचारधीन बैंकिंग बीमा विद्यूत चिकित्सा टेलीफोन कृषि आटोमोबाइल्स हाउसिंग एयरलाईन्स रेल्वे आदि के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा रहा है उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर नरसिंहपुर के जिला न्यायालय और सिविल न्यायालय गाडरवारा के कुटम्ब न्यायालय में लोक अदालते लगाई गई हैं बैतूल षिवपुरी रीवा सहित नीमच मनासा और जावद के न्यायालय परिसरों में लोक अदालतों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है

सफाई मित्र सीएम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि प्रदेश के सफाई कर्मचारी अब सफाई मित्र कहलाएंगे श्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि हमारे सफाई कर्मचारी स्वच्छता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं इसलिए नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अब सफाई मित्र के रूप में जाना जाएगा उन्होंने कहा कि शासकीय पत्राचार और क्रिया कलापों में सफाई मित्र शब्द का ही प्रयोग होगा भाजपा आंदोलन प्रदेष भाजपा आज प्रदेशव्यापी धिक्कार आंदोलन कर रही है भाजपा का आरोप है कि कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ निरंतर धोखाधड़ी की जा रही है भाजपा अध्यक्ष राकेष सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा पूर्व सरकार की जनकल्याण की योजनाओं को बंद किया जा रहा है इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेशव्यापी धिक्कार आंदोलन कर रही है इस दौरान सभी जिलों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया चुनाव प्रशिक्षण शिवपुरी जिला मुख्यालय पर कल पुलिस कंट्रोल रूम में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिवपुरी अनुविभाग क्षेत्र के थानों के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों को चुनाव संबंधी ड्यूटी को लेकर प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान एसडीओपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को जानकारी दी

क्षतिग्रस्त पाइपलाइन बैतूल शहर में नई बिछी पाइप लाइनों के फूटने से हो रही पानी की बर्बादी पर नगर पालिका ने सख्ती दिखाते हुए लाइन बिछाने वाली दोनों केंपनियों से वसूली का फैसला किया है नगर पालिका की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंका सिंह ने दोनों कंपनियों के आला अधिकारियों को नोटिस जारी करके पाइप लाइन फूटने पर नाराजगी जताई है उन्होंने कहा कि यदि पानी की बर्बादी के कारण भविष्य में प्राइवेट पानी खरीदना पड़ता है तो नगरपालिका इसकी वसूली कंपनियों से करेगी दुर्घटना मुरैना में ट्रक की टक्कर से विद्युत लाइन टूटने से वहां से गुजर रही बारात के दूल्हा सहित एक दर्जन लोग घायल हो गए है

घटना के बाद ग्रामवासी बाजार बंद कर शव सडक़ पर रखकर प्रदर्शन कर रहे है स्थानीय विधायक सहित पुलिस प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण बनाए है ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ दुर्घटना और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है पुलिस चालक की तलाश कर रही है